पार्टी ने निवर्तमान विधायक राघव शरण पांडेय अजय कुमार सिंह और दिनकर राम का टिकट काटा पहले और दूसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार अभियान हुआ तेज

विधानसभा के दूसरे और तीसरे चरण के लिये नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पार्टी ने तीन निवर्तमान विधायकों को टिकट नहीं दिया है जिन विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है उनमें बगहा के वर्तमान विधायक राघव शरण पांडेय रक्सौल के विधायक अजय कुमार सिंह और बथनाहा से विधायक दिनकर राम शामिल हैं पार्टी ने राज्य सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि को बनमनखी प्रमोद कुमार को मोतिहारी विनोद नारायण झा को बेनीपट्टी और सुरेश कुमार शर्मा को मुजफ्फरपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं दिवंगत मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को प्राणपुर से उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा ने भागीरथी देवी को रामनगर रश्मि वर्मा को नरकटियागंज विनय बिहारी को लोरिया गायत्री देवी को परिहार और नीरज कुमार बबलू को छातापुर से अपना उम्मीदवार बनाया है कविता पासवान को कोढ़ा से पार्टी ने टिकट दिया है राम सिंह को बगहा प्रमोद सिन्हा को रक्सौल लाल बाबू गूप्ता को चिरैया अरूण शंकर सिंह को खजौली तारकिशोर प्रसाद को कटिहार विजय खेमका को पूर्णिया और संजय सरावगी को दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है इसके अलावा विनोद यादव को बायसी रंजीत यादव को जोकीहाट विद्या सागर को फारबिसगंज जयप्रकाश नारायण को नरपतगंज और केदार गुप्ता को कुढ़नी से पार्टी ने टिकट दिया है लोक जनशक्ति पार्टी ने द्रसरे और तीसरे चरण के चूनाव के लिये अपने उम्मीदवारों को सिम्बल देना शुरू कर दिया है पार्टी ने राघोपुर से राकेश रौशन भागलपुर से राकेश कुमार वर्मा और रोसड़ा से कृष्ण राज को अपना उम्मीदवार बनाया है वहीं लोजपा ने पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा को खगड़िया से राजापाकड़ से मृणाल पासवान नाथनगर से अमर कुशवाहा साहेबपुर कमाल से सुरेन्द्र विवेक महुआ से संजय सिंह समस्तीपुर से संध्या देवी एकमा से कामेश्वर कुशवाहा और अस्थावां से रमेश सिंह को टिकट दिया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर बिहार को विकसित राज्य बनाने का काम कर रहे हैं श्री कुमार ने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य को बीमारू और पिछड़ेपन से बाहर निकालकर उन्होंने बिहार के गौरव को लौटाने का काम किया उन्होंने कहा कि यदि एक बार फिर उनकी सरकार बनती है तो सामाजिक न्याय के साथ विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जायेगा

श्री यादव राघोपुर विधानसभा सीट से पर्चा भरने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे अधिक ध्यान रोजगार सुजन पर दिया जायेगा

आज भोजप्र जिले के बड़हरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बिहार को एनडीए सरकार ने पंद्रह साल के अंधकार के यूग से बाहर निकाला उन्होंने कहा कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिये प्रतिबद्ध है इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि एनडीए दो सौ बीस सीटों पर जीत हासिल कर रही है उन्होंने लोगों से विकास के लिये एनडीए उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की द्रसरी तरफ मध्रबनी में भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की रफ्तार को इसी तरह बनाये रखने के लिये राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी जरूरी है भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आज पालीगंज में एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने लोगों से महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तस्वीर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वे उनके दिल में रहते हैं श्री पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद में कहा कि बिहार में एनडीए के घटक दलों को इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव की पूत्री सुभाषिनी राज राव आज कांग्रेस में शामिल हो गईं उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की ऐसा समझा जाता है कि पार्टी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा जिले की किसी सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है इस अवसर पर पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी नेता काली पांडेय ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मधेपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने पप्पू यादव को मुख्यमंत्री पद के लिये अपना चेहरा बनाया है आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शेखप्ररा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी विजय सम्राट के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है राजद प्रत्याशी पर वोट के लिये मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप है इससे पहले नामांकन पत्र भरने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने के आरोप में भी उन पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है विधानसभा चूनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिये नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इधर राजद प्रत्याशी के रूप में गोपालगंज जिले के बैकुंठप्रर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम शंकर यादव हथ्रआ विधानसभा सीट से राजेश कुमार सिंह और बरौली से रेयाजूल हक राजू ने नामांकन भरा मधुबनी विधानसभा सीट के लिये वीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ लोजपा प्रत्याशी अरविंद निर्दलीय उम्मीदवार अनीता झा और रामदेव महतो ने अपना पर्चा दाखिल किया बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता भूषण ने अपना नामांकन दाखिल किया वहीं जदयू की मंजू वर्मा ने चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरा तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से जदयू से वीरेन्द्र महतो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम के राजेन्द्र सिंह और बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम के ही शिव प्रकाश गरीब दास ने पर्चा दाखिल किया बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से सुषमा साहु ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा दानापुर से रालोसपा से दीपक महतो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्लुरल्स पार्टी की प्रष्पम प्रिया चौधरी बिहारशरीफ से भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार साधना देवी और मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा से लोजपा के हरिभूषण कुमार ने अपना अपना पर्चा भरा उजियारपूर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में आलोक कुमार मेहता पारू से भाजपा के अशोक कुमार सिंह और इसी विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी की नीलम शंकर ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है इधर वाल्मिकीनगर लोकसभा क्षेत्र में हो रहे उप चुनाव के लिये जदयू से सुनील कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग राज्य में कोविड उन्नीस के बीच सुरक्षित और संक्रमण रहित चुनाव कराने के लिये प्रतिबद्ध है श्री सिंह ने कहा कि चुनाव से जुड़े स्थलों और मतदान केन्द्रों पर सेनेटाईजेशन की पूरी व्यवस्था की जा रही है और सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिये सुरक्षात्मक किट दिये जायेंगे अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज आकाशवाणी पटना के अंशकालिक संवाददाताओं के लिये विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित एक वर्चअल कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक जयदीप भटनागर ने संवाददाताओं से चुनाव कवरेज के दौरान तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग करने को कहा श्री भटनागर ने संवाददाताओं से कहा कि वे समाचार कवरेज के दौरान अपने विचारों और मान्यताओं से मुक्त होकर रिपोर्टिंग करें इसके अलावा उन्होंने समाचार से जुड़े लोगों को लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागिता बढ़ाने के लिये प्रयास करने को भी कहा कार्यशाला को समाचार सेवा प्रभाग के अपर महानिदेशक आकाश लक्ष्मण और पत्र सूचना कार्यालय पटना के अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय ने भी संबोधित किया और अब बात कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन की

हमारा आग्रह है कि इस पर देश के लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह से दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम फरटेलिटी रेट हमारा है कोविड के ऊपर निर्णायक विजय हम प्राप्त करेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरानवे दशमलव दो एक प्रतिशत हो गयी है अब तक एक लाख सतासी हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक राज्य में नौ सौ सड़सठ लोगों की मौत हुई है इधर आज कोविड उन्नीस के एक हजार तीन सौ छब्बीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख निन्यानवे हजार पांच सौ उनचास हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे अधिक पटना में तीन सौ एक नये मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल कोरोना संक्रमित पाये गये हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज बेतिया के सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापित लिपिक कुमार शंभु शरण सिंह को उनचास हजार पांच सौ रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार कर्मी एक विभागीय कार्य के निष्पादन के एवज में घूस ले रहा था

पार्टी ने निवर्तमान विधायक राघव शरण पांडेय अजय कुमार सिंह और दिनकर राम का टिकट काटा पहले और दूसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार अभियान हुआ तेज

विधानसभा के दूसरे और तीसरे चरण के लिये नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी